आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरी ह जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड समीक्षा बठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलों में टेस्टिंग तेजी से बढ़ाने और कोविड मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया है

उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उसका पूरा विश्लेषण किया जाय और कोविड के मरीज को फौरन हायर सेंटर रेफर किया जाय म्ख्यमंत्री ने आरटी पीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि एन्टीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने पर यदि व्यक्ति सिम्पटोमटिक हप्न तो उनका शत प्रतिशत आरटी पीसीआर हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों हरिद्वार में होने वाले क्ंभ योग महोत्सवों और पर्यटन की दृष्टि से आने वाले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण होंगे उन्होंने कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाने और होम आईसोलेशन में रह रहे लोगो की नियमित स्वास्थ्य की जानकारी लिये जाने के निर्देश भी दिये

स्राप्ताहिक बंदी देहराद्न में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बाजार की बंदी को सख्ती से लागू कराने के आदेश जारी किए हैं देहरादून तहसील में कल बाजार बंद रहेंगे

इसके बाद भी तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं कर रहे थे उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुला पाया जाता हैतो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा

झिरोली प्लिस ने थानाध्यक्ष स्रभि राणा के नेतृत्व में जनजागरुकता अभियान चलाया अभियान के दौरान लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई इसके साथ ही जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का नारा दिया गया इस दौरान लोगों को मास्क भी वितरित किये गए लोकार्पण शिलान्यास प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली अगस्त्यम्नि और ऊखीमठ विकासखंडों में बाढ़ सुरक्षा समेत करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिल्यान्यास किया उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहंचाने के निर्देश दिए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के कार्तिक स्वामी चिरबटिया जक्षे स्थल पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं

बीएसएनएल के सीजीएम सतीश शर्मा ने बताया कि राज्य के सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी से अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे अर्धसजिक और रक्षा कर्मियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने में मदद मिलेगी कम्प का आयोजन चंपावत जिले के विभिन्न विकासखंडों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए सुविधा शिविरों का आयोजन किया गया इसके माध्यम से स्वरोजगार अपनाने वाले उदयमियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया जिले के चम्पावत लोहाघाट बाराकोट और पाटी में आयोजित स्विधा शिविरों में ऋणप्रदाता एजेंसियों रोजगार प्रकोष्ठ और शासन के कर्मचारियों ने स्वरोजगार से जुड़े उदयमियों की वित्तीय समस्याओं का निस्तारण कर स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जिला उद्योग विभाग चम्पावत के कोऑर्डिनेटर पंकज चौहान ने बताया कि जिले में स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वाले उद्यमियों की फाइलें वित्तीय स्वीकृति और अन्य कारणों से अटकी हई थी इसके लिए जिले के चारों विकासखंडों में कैंपों का आयोजन किया गया इसमें अधिकतर लोगों ने सेवा क्षेत्र के लिए आवेदन किया था लेकिन विभिन्न बैंकिंग समस्याओं के कारण इन्हें वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई इसके लिए बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर संबंधित व्यक्ति की समस्याओं को द्र किया गया

एसपी सिटी कमलेश उपाध्यक्ष का कहना ह कि लोगों से अपील की जा रही ह कि वो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने गंगा घाटों पर न आये बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी गंगा स्नान करने की अन्मित नहीं होगी शहीद अंतिम विदाई जम्म् कश्मीर के प्रंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूबेदार स्वतन्त्र सिंह का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया उनका अन्तिम संस्कार सक्ष्य सम्मान के साथ उनके गांव उडियारी के पत्रृक घाट में किया गया वीर सपूत की शहादत को नमन करते हुए उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की